प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए आज पूरे देश में कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया है

राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में महिला मोर्चा की ओर से रंगोली और दीपोत्सव और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

इस मौके पर उपस्थित भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं और देशहित में किये गए उनके एक एक कार्यो की चर्चा करते हुए उनके फायदे गिनाए राज्य के अन्य जिलों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया रामगढ़ में श्री मोदी के जन्मदिन पर रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र में दर्जनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और खेत मे काम करनेवाली महिलाओं को कृषि र्वैज्ञानिक दुष्यंत कुमार ने पोषण को लेकर शपथ दिलाई इस अवसर पर सभी महिलओं के बीच वेजिटेबल सीड किट का भी वितरण किया गया साहिबगंज जिले में प्रधानमंत्री के जन्म दिन पर जिला कृषि विज्ञान केन्द्र में आंगनवाड़ी सेविकाओं को पोषण वाटिका से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया इस दौरान सेविकाओं को यह जानकारी दी गयी कि वे किस तरह से अपने घरों के आसपास किचन गार्डन बनाकर हरी सब्जी का उत्पादन कर सकती है महिला वैज्ञानिक डॉक्टर माया कुमारी ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को कि वर्तमान समय में पोषण वाटिका से उत्पादित सब्जी का ही सेवन हर व्यक्ति को करना चाहिए विशेषकर गर्भवती महिला और धात्री महिलाओं को इसे विशेष रूप से खाना चाहिए जिससे उनका पोषण स्तर सही रह सके तथा वे स्वस्थ और निरोग रह सकें प्रशिक्षण के दौरान डाक्टर अमृत कुमार झा ने आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को बताया कि कैसे वह अपने आस पास की जमीन का उपयोग कर पोषण वाटिका का निर्माण कर सकती हैं और किस मौसम में कौन कौन सी सब्ज़ी लगा सकती है जामताड़ा जिले में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्त्ताओं की ओर से सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया

इस दौरान सदन की केवल तीन बैठके होंगी सरकार की ओर से सत्र में चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट के अलावा पांच विधेयकों को भी पेश करने की तैयारी की गयी है जिसमें झारखंड लैंड म्यूटेशन दंड प्रक्रिया संहिता झारखंड मिनल वेयरिंग सेस झारखंड मोटर वाहन करारोपण और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक शामिल है कोरोना संकमण की ओर से इस बार आहूत विधानसभा सत्र में कई एहतियाती कदम उठाये गये है कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही विधानसभा परिसर में प्रवेष की अनुमति दी जाएगी वहीं सोषल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए विधानसभा सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गयी है जबकि दर्षक दीर्घा बंद रहेगा पक्ष विपक्ष की ओर से भी विधानसभा सत्र को लेकर अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली गयी है हजारीबाग पुलिस की साइबर सेल को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है

एक आरोपी को बिहार के मुजफ्फरपुर से और दूसरे आरोपी को बिहारषरीफ से गिरफ़्तार किया गया पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि इस मामले में चार लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं गिरोह के अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है उन्होंने बताया कि हजारीबाग स्थित दो विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक ने खाते में बड़े रकम की लेन देन को देखते हए मामला दर्ज कराया था केंद्र सरकार ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा से एप्टीट्यूड टेस्ट को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही

राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर छियायसठ हजार चौहत्तर हो गयी है

राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान बोकारो में नौ चतरा में तीन देवघर में निनायबे धनबाद में इक्सठ पूर्वी सिंहमूम में चार सौ एक गढ़वा में बाईस गिरिडीह में बारह गोड्डा में पांच गमला में नौ हजारीबाग में तैतीस जामताडा में सत्रह खूंटी में चौदह कोडरमा में दो सौ उनचालीस लातेहार में पैतीस लोहरदगा में पंद्रह पाकुड़ में सात पलामू में पंद्रह रामगढ़ में छियानब्बे रांची में तीन सौ बयालीस साहेबगंज में सात सरायकेला में उनहत्तर सिमडेगा में बाईस और पश्चिम सिंहभूम में छियहत्तर संक्रमित मिले हैं राज्य में अभी चौदह हजार एक सौ अड़तीस सकिय मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है अब तक इक्कावन हजार तीन चौ संतावन संक्रमित पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं

डॉ हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वे वैक्सीन उपलब्ध होने तक सुरक्षित दूरी बनाए रखें उन्होंने कहा कि एक विशेषज्ञ समिति विभिन्न निकायों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराकर वैक्सीन तैयार करने का काम कर रही है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

इन मशीनों का उपयोग कोरोना के साथ साथ टीबी की जांच के लिए भी किया जाएगा

चतरा जिले की पुलिस ने नषीली पदार्थ के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है

पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के द्वारा आज नक्सल प्रभावित गोइलकेरा और सोनुवा थाना का निरीक्षण किया गया इस दौरान पुलिस अधीक्षक आवष्यक दिषा निर्देष दिया जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना में आज सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गयी